इन प्रस्तावों पर जल्द निर्णय होने से राज्य की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा

न्यायालय सुनवाई उच्चतम न्यायालय सारदा मामले की जांच में बाधा पहुंचाने और सबूत नष्ट करने के लिए कोलकता पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अवमानना के आरोपों से संबंधित सीबीआई की याचिका पर आज सुनवाई करेगा सीबीआई ने कल न्यायालय में याचिका दायर की थी और पश्चिम बंगाल सरकार को यह निर्देश देने की मांग की थी कि वह चिटफंड मामले की जांच में सहयोग करे और पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को पूछताछ के लिए उपलब्ध कराये सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीबीआई की ओर से उच्चतम न्यायालय की पीठ को बताया कि इस मामले में असाधारण स्थिति पैदा हो गई है इस मामले में जांच के लिए सीबीआई अधिकारियों का एक दल रविवार को कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कृमार के आवास पर पहुंचा था इसके बाद सीबीआई अधिकारियों को कुछ समय के लिए हिरासत में रख लिया गया था माल्या प्रत्यर्पण ब्रिटेन के गृहमंत्री साजिद जावेद ने भगोडे कारोबारी विजय माल्या के भारत प्रत्यर्पण का आदेश दिया है वह बैंक धोखाधड़ी और मनीलांड्रिंग के अपराधों में अभियुक्त है इस आदेश को माल्या को वापस लाने के भारत के प्रयासों की सफलता माना जा रहा है

प्रत्यर्पण संधि प्रक्रिया के तहत मुख्य मजिस्ट्रेट का फैसला गृह मंत्रालय को भेजा गया था

एक ट्वीट में उसने कहा कि वह प्रत्यर्पण आदेश को चुनौती देगा विजय माल्या के खिलाफ भारत में नौ हजार करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का आरोप है

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कल एक ट्वीट के जरिए कहा कि वचन पत्र के वादों पर अमल करते हुए सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है ट्वीट संदेश में श्री नाथ ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पोषित सभी उद्योगों में आरक्षण की यह व्यवस्था लागू करना अनिवार्य किया गया है राज्यपाल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि तकनीकी शिक्षा समाज के लिए उपयोगी होनी चाहिए ज्ञान और कौशल समाज और राष्ट्र के लिए सार्थक तभी होंगे जब उनमें मानवीय मूल्य और सदगुण विद्यमान हों

इस दौरान राज्यपाल ने विद्यार्थियों को उपाधियों और पदकों से सम्मानित किया कार्यक्रम में तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बाला बच्चन ने विद्यार्थियों के प्लेसमेंट के क्षेत्र में नये प्रयासों की जरूरत बताई श्री बच्चन ने विश्वविद्यालय के साथ बड़ी कम्पनियों को जोड़ने की पहल करने को कहा उन्होंने इस दिशा में नये विचारों को भी आमंत्रित किया

कॅरियर मेला लोक निर्माण एवं पर्यावरण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो रोजगारमूलक तथा सार्थक हो और युवाओं के लिये रोजगार प्राप्त करने में सहायक बने श्री वर्मा कल देवास के कृष्णाजी राव पवार गवर्मेंट कॉलेज में कॅरियर अवसर मेला के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे श्री वर्मा ने विभिन्न विभागों के रोजगार से जुड़ी जानकारियों के स्टॉलों का अवलोकन किया

सड़क सुरक्षा उच्च शिक्षा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा को स्कूल एवं कॉलेज के पाठ्यक्रम में शामिल किया जायेगा

उन्होंने कहा कि देश में हर साल लगभग डेढ़ लाख लोग सड़क दुर्घटना में अपनी जान गवां बैठते हैं

उन्होंने कहा कि ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने से पूरा परिवार यातना झेलता है श्री पटवारी ने कहा कि यह सुनिश्चित होना चाहिए कि जनता ट्रैफिक नियमों का पालन करे इस अवसर पर श्री पटवारी ने हरी झण्डी दिखाकर एलईडी प्रचार रथ को रवाना किया झाबुआ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में भी कल सड़क सुरक्षा सप्ताह शुरू हो गया है इस दौरान नुक्कड़ नाटकों सहित विभिन्न माध्यमों से लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जायेगा वहीं शिवपुरी में इस अवसर पर कल हेलमेट वितरण और वाहन रैली का आयोजन किया गया नीमच में भी लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की समझाईश दी गई वहीं भिंड और मुरैना में भी विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया निमाड़ उत्सव संस्कृति मंत्री डॉ विजयलक्ष्मी साधौ ने कल शाम खरगोन जिले के महेश्वर में तीन दिवसीय निमाड़ उत्सव का शुभारंभ किया निमाड़ उत्सव के रजत जयंती वर्ष के शुभारंभ से पहले मॉ नर्मदा की भव्य महाआरती का आयोजन किया गया इस दौरान डॉक्टर साधौ ने कहा कि महेश्वर की इसी तट पर देश विदेश की संस्कृतियों को प्रस्तुत करने और झलक दिखाने का उत्सव ही निमाड़ उत्सव है निमाड़ उत्सव में आज बड़वाह के बाबूलाल परिहार दल द्वारा निमाड़ी गायन और बैगा जनजातीय नृत्य सहित कई कार्यक्रम की प्रस्तुति की जायेगी वहीं गुजरात के डांडिया रास उत्तर प्रदेश का होली छत्तीसगढ़ के गौर मड़िया नृत्य की प्रस्तुति भी होगी

सुश्री कांवरे जबलपुर से प्रस्थान कर दोपहर ढाई बजे करेली बरमान रोड स्थित ग्राम महगुवां पहुंचेंगी

दुर्घटना मे पांच लोगों को गंभीर चोट आने के कारण उपचार के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया है

दबंगों द्वारा अपनी ॅजमीन पर कब्जा किए जाने से नाराज सहरिया आदिवासियों ने अपनी सुनवाई न होने पर नाराजगी जताई